पर्व और त्यौहारों की खरीददारी का जिक करते हुए उन्होंने लोगों से स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश और प्रदेश के ऐसे लोगों का जिक किया जिन्होंने अपने अनुठे कार्यों से न केवल लोगों की मदद की बल्कि समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किया इस सिलसिले में उन्होंने प्रदेश की सिंगरौली की शिक्षिका उषा दूबे की सराहना की जिन्होंने अपनी स्कूटी को ही चलते फिरते पुस्तकालय में बदल दिया है इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बड़वानी जिले के किसान और उद्यमी अतूल पाटीदार को भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बताया

होशंगाबाद जिले में कोरोना पॉज़िटिव मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं

सतना जिले में लोगों को कोरोना बीमारी की गंभीरता से अवगत कराने और महामारी से बचाव के लिए आज कोतवाली चौक से दो जागरुकता रथ निकाले गये हैं जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है